अब तक नौ लोगों की इस महामारी से मौत हुई है

अस्सी प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद रात्रि आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वे नोवल कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे कोरोना वायरस का संकट उत्पन्न होने के दौरान छह दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बहुत से लोग अब भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने लोगों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्यों से नियमों और कानूनों को पालन करवाने का अनुरोध किया है

मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे विजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो अपने घर से ही करें बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए अनिवार्यता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है भीड़ से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में यह सोशल डिस्टेंसिंग यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है केन्द्र सरकार ने राज्यों से उन क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू करने को कहा है जहां कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गयी थी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी

इनमें तैंतालीस विदेशी नागरिक हैं जबकि इस महामरी से अब तक नौ लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालीस इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं इधर बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की अब तक तीन पॉजेटिव मामले सामने आये हैं राज्य में इस महामारी से केवल एक मौत हुई है केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए विशेष तौर पर अस्पताल तय करने को कहा है मुख्य सचिवों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि सभी पॉजेटिव मामलों में निगरानी और उनसे संबंधित लोगों को पता लगाना बहुत जरूरी है इसके अलावा संदिग्ध और हाई रिस्क वाले लोगों को यूॅ ही छोड़ा नहीं जा सकता केन्दीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदिरा आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना वायरस की संदिग्ध मामलों के लिए लार की जांच की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है श्री प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने आज पीएमसीएच एनएमसीएच आईजीआईएमएस और एम्स पटना के निदेशकों से भी बातचीत कर लोगों को इलाज की हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया कोरोना वायरस संक्रमण लॉक डाउन के मद्देनजर खाने पीने और अन्य जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी की शिकायतों पर राज्य में कठोर कार्रवाई की जा रही है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा अररिया और सीतामढ़ी में शिकायत मिलने पर छापेमारी की जा रही है अनाज और अन्य जरूरी चीजों के निर्धारित मूल्य पर बिक्री करने का आदेश दिया गया है इधर खगड़िया में उल्लंघन करने पर पचास वाहनों को जब्त कर लिया गया विभिन्न जिलों में संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए आईसोलेशन वार्ड बनाये जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने आवास में भी आईसोलेशन वार्ड बनाने को तैयार हैं इधर दरभंगा जिले में एक मार्च से बीस मार्च के दौरान बाहर की यात्रा से लौटे लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में ड्यूटी पर नहीं आने वाले संविदा पर और आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को ऑन ड्यूटी मानते हुए उनके वेतन का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया है वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर ऐसे किसी भी कर्मी की छटनी और निलंबन नहीं किया जायेगा इस फैसले से ट्रेनों के मेटेंनस रख रखाव साफ सफाई में लगे पचास हजार संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और भीड़ से बचें बाईट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अकर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें

कोरोना संक्रमण को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच यह जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस का इलाज संभव है अब तक देश में कुल सैंतीस लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं हमारे संवाददाता ने दिल्ली के रोहित दत्ता से बात की जो इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं बाईट हमें इसका आपस में एक दूसरे को संक्रमण रोकना है कोई भी आदमी जो ये सोच रहा है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता उसकी विचारधारा बिल्कुल गलत है ये किसी को भी हो सकता है अगर ये मुझे हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है और किसी से भी मिलने से आपको संक्रमण उसका हो सकता है आप कृपया जो सरकार बोल रही है जो हैल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है आप कृपया उसका पालन करें कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए मदद के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव और औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद कोष से एक एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की इससे सेनेटाईजर मास्क चिकित्सा उपकरण की खरीद हो सकेगी इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है इधर आम लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं जेपी स्वतंत्रता सेनानी और रोहतास जिले के निवासी बलिराम मिश्र ने अपने पांच महीने का जेपी सेनानी पेंशन पच्चीस हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है

इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है इस वर्ष तीनों संकायों को मिलाकर अस्सी प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तीनों विषयों में लड़कियों ने राज्य टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है

वहीं कॉमर्स में कौसर फातिमा और सुधांशु नारायण चौधरी ने पंचानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत अंक पाकर संयुक्त रूप से पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया वहीं कला संकाय में चौरानवे दशमलव आठ शून्य के साथ साक्षी कुमारी राज्य की टॉपर रहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि विज्ञान में सतहत्तर प्रतिशत कॉमर्स में तिरानवे प्रतिशत और कला संकाय में इक्यासी प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए हैं

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर तीस जून कर दी गयी है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की देश भर में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए पैन और आधार को लिंक करने की भी अंतिम तिथि इकतीस मार्च से बढ़ाकर तीस जून कर दी गयी है

अब तक नौ लोगों की इस महामारी से मौत हुई है

अस्सी प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण